अभियान के दौरान पार्टी के पदाधिकारी गांव गांव जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं की देंगे जानकारी

केन्द्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत एक करोड़ लाभार्थियों को पंजीकृत करने का अभियान शुरू किया है श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने पेंशन सप्ताह के अवसर पर कल एक कार्यक्रम में यह अभियान शुरू किया उन्होंने कहा कि दोनों योजनाएं सरल और बाधारहित हैं इनमें पंजीकरण के लिए आधार कार्ड बचत बैंक खाता या जन धन खाते की जरूरत होगी मासिक अंशदान सबसे कम स्तर पर पचपन रुपये से दो सौ रुपये के बीच रखा गया है और यह लाभार्थी की उम्र पर निर्भर करेगा

वस्तु और सेवा कर जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में काफी वृद्धि हुई ह

इस वर्ष सितंबर और अक्तूबर महीने में यह वृद्धि नकारात्मक थी

पिछले महीने रिटर्न भरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट सन्देश में बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सभी बीएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी उन्होंने कहा कि यह बल हमारी सीमाओं की कर्मठता के साथ रक्षा कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और संकट की स्थिति के दौरान बीएसएफ कर्मियों ने नागरिकों की सेवा के लिए हमेशा कठिन परिश्रम किया है वहीं दिल्ली में आयोजित कार्यकम में बीएसएफ के महानिदेशक विवेक कुमार जौहरी ने कहा सीमा के जरिए घूसपैठ की लगातार कोशिशें हो रही हैं हाल ही में हमने सीमा क्षेत्र में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की घटनाओं से निपटने और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय किये हैं कार्यकम में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को हर संभव सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किये गये हैं उत्तर प्रदश से राज्यसभा के लिए रिक्त हुई सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे

राज्यसभा की यह सीट सपा सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा के विधायक चुने जाने के बाद रिक्त हुई थी सुल्तानपुर के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज सांसद मेनका गांधी ने विकास भवन में सीड बॉल विपणन केन्द्र और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित प्रेरणा जलपान केन्द्र का उद्घाटन किया

उन्होंने इसौली विधानसभा क्षेत्र में निराश्रितों को कम्बल और स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरित किये सांसद मेनका गांधी ने जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चूनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाने के प्रदश सरकार के निर्णय का स्वागत किया है श्रीमती गांधी ने कहा कि जिले की चीनी मिल के जीर्णोद्धार की राज्य सरकार द्वारा मंजूरी मिल गयी है इस पर जल्द ही काम श्रू हो जायेगा यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सून रहे हैं

यह अभियान अगले वर्ष तीस जनवरी तक चलेगा दो माह तक चलने वाले इस अभियान के दौरान भाजपा के विभिन्न मोर्चे के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आवंटित गांवों के सभी बूथों पर प्रवास करते हुए बूथ समितियों के साथ बैठक करेंगे और गांव के प्रत्येक घर तक केन्द्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचायेगे इसके साथ ही वे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सम्पर्क करेंगे और लोगों से फीड बैक भी लेंगे अभियान का समापन तीस जनवरी को महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर होगा इस अभियान के प्रभारी गोविन्द नारायण शुक्ल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी को ग्राम्य स्वराज अभियान शुरू करने से पहले जिलों में कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिये हैं आज विश्व एड्स दिवस है यह एचआईवी वायरस के संक्रमण से होने वाले रोग के प्रति जागरुकता बढ़ाने और इसके खात्मे के लिये एकजुटता व्यक्त करने का दिन है यह दिन एड्स से ग्रस्त लोगों के प्रति सहयोग और समर्थन का अवसर भी प्रदान करता है इस वर्ष का विषय है कम्यूनिटीज मेक द डिफरेंस

प्रदेश में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा लखनऊ में रूमी गेट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रयागराज गोंडा अमरोहा सहित अन्य जनपदों में भी आज एडस से संबंधित जागरूकता रैली निकाली गई और गोष्ठियों का आयोजन किया गया जिसमें वक्ताओं ने बताया कि थोड़ी सी जानकारी और सावधानी से एड़स से आसानी से बचा जा सकता है अयोध्या में मार्गशीष शुक्ल पंचमी तिथि पर आज राम सीता प्रतीकात्मक विवाह के आयोजन संपन्न हो रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्वालु अयोध्या पहुंच गये हैं हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट भगवान श्रीराम व सीता के धरा धाम पर मिलन के महापर्व मार्गशीष शुक्ल पंचमी तिथि पर आज रामनगरी के दर्जनों मंदिरों में विवाहोत्सव ध्रमधाम से मनाया जा रहा है मंदिरों से आज सायं बाजे गाजे और ढोल नगाड़ों के साथ रथों पर सवार श्रीराम की बारात ध्रमधाम से निकाली गई इससे पहले मंदिरों में तिलकोत्सव व मटकोड़ आदि रस्में मंगलगीतों के बीच धूमधाम से प्ररी की गई इस बीच देश के विभिन्न भागों से आये श्रद्दालुओं की भीड़ उत्सव के रंग को और चटख कर रही है मंदिरों को भव्य रोशनी व फूलों से सजाया गया है नगरी के कोने कोने में गुंजायमान हो रहे विवाहोत्सव के मंगलगीतों के उल्लास में अयोध्या डूबी हुई है

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में जिला जेल का निरीक्षण किया इस दौरान लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी भी मौजूद थे अपर मुख्य सचिव गृह ने जेल में सीवर पेय जल और निर्माण संबंधी खामियों को शीघ्र दूर करने के अधिकारियों को निर्देश दिये उन्होंने जेल में बंद महिला कैदिया को रोजगारपरक प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए भी कहा जिससे कि वह खुद को व्यस्त रख सकें

विधान परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया वह आजीवन आमजन के हित व कल्याण के लिए प्रयासरत रहे मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है